रंगो का त्योहार होली प्रदेशभर में उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजस्थान दिवस के अवसर पर कल राजकीय स्मारकों और संग्रहालयों में सैलानियों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं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

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि विभिन्न मंत्र देने वाली यह पुस्तक विद्यार्थियों अभिभावकों और अध्यापकों के लिए सहायक सिद्ध होगी

पासैक्स नाम का यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य साझेदारी के सामंजस्य को रेखांकित करता है यह अभ्यास आज संपन्न हो रहा है

इस बेड़े में विमानवाहक युद्धपोत और बड़ी संख्या में विध्वंसक युद्धपोत और अन्य जहाज शामिल हैं

पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देश अमरनाथ श्राईन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है

प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल उपच्चनाव वाले क्षेत्रों में दौरे का कार्यक्रम है

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि राजस्थान अपने आप में आन बान और शान की गौरव गाथाओ को सहेजे हए है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान शौर्य का दूसरा नाम है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण दुनिया में एक अलग पहचान रखता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने में सहभागी बनने का आह्वान किया है राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश के राजकीय स्मारकों और संग्रहालयों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा

इसमें कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर योजना से जुड़ सकता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है

ये त्योहार सभी मिलजुलकर समरसता सौहार्द और सद्भावना के साथ मनाते है होली का त्योहार आपसी द्वेष मिटाकर प्रेम समानता और भाईचारे का संदेश देता है ये त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है सुबह से ही लोगों ने रंग अबीर और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी हालांकि कोरोना दिशा निर्देशों की पालना करते हुए कई बड़े मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर होली के अवसर पर व्यापक कार्यक्रम इस बार नहीं हुए सवाईमाघोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार लोगों ने घरों में रहकर ही सादगी से होली का त्योहार मनाया

बुंदी जिले के चारभूजा गोपाल और रंगनाथ मंदिर में रंगोत्सव के आयोजन हुए केशोरायपाटन स्थित केशव मन्दिर में फूर्लो के साथ होली खेली गई नैनवा में लोगों के मनोरंजन के लिए होने वाला हडुड़डा उत्सव स्थगित कर दिया गया

उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार मंदिरों में फागोत्सव नहीं हुए

रंगोत्सव के अवसर पर जैसलमेर के सोनार किले के बिल्ला पाड़ा में स्वांग और गैर के आयोजन हुए टोंक में बादशाह की सवारी नहीं निकाली गई बांसवाड़ा राजसमंद बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से भी होली उल्लास पूर्वक मनाए जाने के समाचार मिले है

उधर जयपुर सवाईमाधोपुर मार्ग पर गुमानपुरा टोल के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मुत्य हो गई

जैसमलेर बीकानेर जालौर और बाड़मेर जिलों में कुछ स्थानों पर लू का असर देखा जा रहा है जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है